कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कृषि के विकास के लिए अलग से बजट लाने बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को आपराधिक मामले से बाहर रखने तथा कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का वादा किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में चुनाव घोषणा पत्र जन आवाज जारी करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से किसान बजट लोया जायेगा

भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को छलावा करार दिया है

निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया है एजेंसी के अनुसार इस मामले में जांच पूरी कर ली गयी है और इसके निष्कर्ष से राष्ट्रपति को जल्द ही अवगत करा दिया जायेगा श्री सिंह संवैधानिक पद पर आसीन हैं इसलिए आयोग राष्ट्रपति को पत्र के जरिये जांच रिपोर्ट से अवगत करायेगा श्री सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी निर्वाचन आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने में ढिलाई बरतने और निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पत्र लिंखा है आयोग ने दोनों से पूछा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रेलवे टिकटों और एयर इंडिया के बोर्डिंग पासों से प्रधानमंत्री के चित्र क्यों नहीं हटाये गये उच्च न्यायालय ने चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब पेश करने को कहा है याचिका में कहा गया है कि राजनैतिक दलों को चंदा देने के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है

याचिका में कहा गया है कि चुनावी चन्दे की ऑडिट होनी चाहिये और अधिक मिली राशि को चुनाव आयोग में जमा कराना चाहिये

प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार आज जयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे सचिवालय में होने वाली बैठक में जयपुर सीकर झुंझुनूं दौसा और अलवर जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से निर्वाचन और कानून व्यवस्था के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी

मतदाताओं में जागरूकता के लिये निर्वाचन विभाग की ओर से चलाये जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत जालोर के पाचोटा गांव में सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने साईकिल रैली निकालकर शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया प्रतापगढ में स्कूली छात्राओं ने विद्यालयों में आकर्षक रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया इधर दौसा में स्वीप कार्यक्रमों के तहत अनूठा नवाचार किया गया भिकली गांव में आयोजित हो रही भागवत कथा के दौरान स्वीप की टीम मौके पर पहुंची और कथा में मौजूद श्रद्दालुओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया तथा मतदान के लिये शपथ दिलाई गई

आईपीएल किकेट मैच में कल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू को सात विकेट से हरा दिया

इस बार के संस्करण में राजस्थान रॉयल्स की यह पहली जीत है